उन्होंने ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया इसके अलावा महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की गई कोविड और अन्य संबंधित मुद्दों पर निकट से नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री लगभग हर दिन विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं

टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे

इसी आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवी की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में बीस में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैड और ऑक्सीज़न उपलब्ध है उन्होंने कहा कि भविष्य के हालात को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर भी कार्य हो रहा है उन्होंने ऊना जिले के कूटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कारोना संक्रमितों से फोन पर बातचीत की और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा जिले की हिमगिरी और पंजेई पंचायतों का दौरा कर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाना होगा पुण्य तिथि हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज प्रण्य तिथि है इस अवसर पर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों व किसानों के उत्थान के लिए डॉक्टर परमार ने कई अहम कदम उठाए जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्वासुमन अर्पित किए रोहित ठाकूर कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकर ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभालने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार को जनहित में सीमित लॉकडाउन का विकल्प खुला रखना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व कृषि क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है और ऐसे में मजदूर पलायन न करे इसके लिए राज्य सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए

उपायुक्त राघव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने व्यापारी वर्ग से भी कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश मानने और समय सारिणी का सही ढंग से पालन करने की अपील की है